मुख्यमंत्री कमलनाथ आज भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे

कल न्यूयार्क में ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत निवेशकों के लिए एक आदर्श स्थान है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने वाली पीढ़ियों के लिए नया आधारभूत ढांचा बनाने का प्रयास कर रही है इसके लिए उनकी सरकार लगभग तेरह खरब डॉलर खर्च करेगी प्रधानमंत्री ने इस दौरान माइकल ब्लूमबर्ग के साथ सीधी बातचीत में कहा कि अच्छे प्रशासन के लिए सोशल मीडिया की भूमिका बहत महत्वपूर्ण है

डॉ बिबेक देबरॉय इसके अध्यक्ष बने रहेंगे रतन पी वाटल प्रनर्गठित परिषद में सदस्य सचिव रहेंगे इनके अलावा डॉ आशिमा गोयल परिषद की अंशकालिक सदस्य बनी रहेंगी जबकि डॉ साजिद चिनॉय को अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है सोशल मीडिया वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर फैली उन अफवाहों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक कुछ बैंकों को बंद करने जा रहा है एक ट्वीट में वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक को बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह भरोसे का सवाल है उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने के लिए बैंकों में पूंजी डालने जैसे कई उपाय कर रही है ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकें

छह हजार नौ सौ इकतालीस करोड़ चालीस लाख रुपये की लागत वाली इस परियोजना में लगभग अट्ठाइस किलोमीटर लंबाई के दो कॉरीडोर बनाये जायेंगे एक कॉरीडोर करोंद से एम्स तक और दूसरा भदभदा चौराहे से रत्नागिरि चौराहे तक बनाया जायेगा मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों मेट्रो का दायरा बढ़ाकर मण्डीदीप और एयरपोर्ट तक करने के निर्देश भी दिये हैं मतदाता सत्यापन केन्द्रीय निर्वाचन उपायुक्त संदीप सक्सेना ने कल भोपाल में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की समीक्षा की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उददेश्य यह है कि मतदाता स्वयं अपनी जानकारी अददतन करे ताकि मतदाता सूची में गलती की गुंजाइश न रहे फिलहाल यह कार्य बीएलओ द्वारा घर घर जाकर किया जा रहा है इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्ही एल कान्ताराव ने मतदाता सत्यापन की जानकारी देते हुए बताया कि सभी राज्यों में मध्यप्रदेश पाँचवे स्थान पर है इस कार्य में और तेजी लायी जायेगी उन्होंने बताया कि प्रदेश में मतदाताओं के ब्लैक एण्ड व्हाइट फोटो को नवीन रंगीन फोटो में परिवर्तित करने का कार्य भी किया जा रहा है

जलवायु पुरस्कार केन्द्र सरकार ने जल संसाधन स्त्रोतों पर जलवाय परिवर्तन के प्रभाव और उसके आकलन श्रेणी में पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन एप्को मध्यप्रदेश को पहला पुरस्कार प्रदान किया है दिल्ली के विज्ञान भवन में जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने एप्को के कार्यपालन संचालक जीतेन्द्र सिंह राजे ने पुरस्कार प्राप्त किया यह पुरस्कार राज्य शासन को समर्पित करते हुए कार्यपालन संचालक ने पुरस्कार राशि को मध्यप्रदेश के बाढ़ राहत के लिये मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में जलवायू परिवर्तन की वजह से जल संसाधन वन कृषि और मानव स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है इस अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टि से यह अनुमान लगाया गया है कि निकट और दूर भविष्य में मध्यप्रदेश के किन जिलों में पानी की समस्याएँ अधिक रहेगी और जल आपूर्ति की दृष्टि से कौन से जिले संवेदनशील रहेंगे

कांग्रेस ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को इस चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का जल्द ऐलान करेगी भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने जाने के बाद जीएस डामोर द्वारा विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण यहां चुनाव कराया जा रहा है

पुलिस प्रशिक्षण प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक संजय राणा ने कहा कि पुलिस अधिकारी वित्तीय एवं सहकारी संस्थाओं की संरचना और कार्यप्रणाली को भली भाँति समझें साथ ही इन संस्थाओं से संबंधित विधिक प्रावधानों एवं अधिनियमों में भी महारत हासिल करें तभी इनसे संबंधित अपराधों की बेहतर विवेचना संभव होगी उन्होंने कल भोपाल में वित्तीय एवं सहकारी संस्थाओं से संबंधित अपराध विषय पर तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उदघाटन करते हुए कहा कि आरोपी को गिरफ्तार करना ही पर्याप्त नहीं है उसे सजा दिलाना महत्वपूर्ण है इसलिए वित्तीय संस्थाओं के आर्थिक लेन देन की प्रक्रिया को समझना जरूरी है इस सत्र में अंतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉ राजेन्द्र कुमार मिश्रा भारतीय रिजर्व बैंक भोपाल के महाप्रबंधक आदित्य गाहिया और पुलिस अकादमी के निदेशक केटीवाइफे उपस्थित थे

उन्होंने कल भोपाल में प्रकाश उत्सव को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि प्रकाश पर्व मनाने के लिए सरकार राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा यह समिति प्रदेश में यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकाश पर्व पर प्रदेश से निकलने वाली यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं

आकाशवाणी से इसका सीधा प्रसारण हिंदी और अंग्रेजी में शाम छह बजकर पचास मिनट से किया जाएगा जिसे एफएम रेनबो नेटवर्क और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा पांच मैचों की श्रृंखला में भारत पहला मैच जीतकर एक शून्य से आगे है मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में बीती रात बारिश का दौर जारी रहा हालांकि मानसून का प्रभाव लगभग समाप्ति की ओर है लेकिन वातावरण में उपस्थित नमी और कम दवाब के क्षेत्र के बनने से स्थानीय बादलों से कहीं कहीं बारिश भी हो रही है

कुछ समाचार संक्षेप में भोपाल में कल अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद की बैठक होगी

खंडवा में आज स्वच्छता पखवाड़े के तहत जनजागरूकता रैली निकाली जायेगी

शिविर में कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया